राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के संगठन कोसाप चिकित्सक कल्याण संगठन और डायरेक्ट्रेट ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आज राज्य सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप राजकीय कर्मचारियों को मुश्किल स्थानों पर तैनाती के लिए भत्ता और आवास भत्ते के मुद्दे पर राज्य सरकार के आंतरिक संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जायेगी उन्होंने कहा कि पहले शक्तियों केंद्रीयकरण के चलते राज्य में विकास प्रक्रिया धीमी रही है मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में समान रुप से विकास गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर रही है श्री खांड्र ने कहा कि कर्मचारियों के कठिन परिश्रम से सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और राजस्व संग्रह में बढ़ोत्तरी हो रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य अपनी सभी जरुरतों के लिए केंद्र पर निर्भर है और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कोसाप से जनहित में आंदोलन से बचने और निष्ठा के साथ काम करने की अपील की कोसाप ने मुख्यमंत्री से आंदोलनरत कर्मचारियों के वेतम कटौती के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में रामनगर में गंगा नदी पर बने इनलैण्ड मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का उद्घाटन किया इसके निर्माण पर दो सौ सात करोड़ रुपये की लागत आई है यह भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जलमार्ग विकास परियोजना के तहत गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर बनाए जाने वाले चार मल्टी मॉडल टर्मिनल में पहला है अन्य तीन का निर्माण साहिबगंज हल्दिया और गाजीपुर में किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने देश में पहली बार अंतरदेशीय जलमार्ग से आये एक बड़े कंटेनर पोत की अगवानी की श्री मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एक दिन के दौरे के दौरान चौबीस अरब रुपये से अधिक की लागत से निर्मित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लोगों को समर्पित करेंगे इनमें दो राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी एच एन अनंत कुमार का आज तड़के दो बजे बंगलूर में कैंसर के कारण निधन हो गया वे उनसठ वर्ष के थे श्री कुमार पिछले कुछ दिनों से आई सी यू में भर्ती थे वे दक्षिणी बंगलूरु से छह बार लोकसभा सांसद रहे वर्तमान में वे रसायन और उवर्रक मंत्रालय के भी प्रभार में थे वे वाजपेयी सरकार में उड़डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलूरु में किया जाएगा आज देशभर में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को याद किया है उन्होंने कहा है कि देश में जमीन से जुड़ा हुआ एक अनुभवी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है ऑल तवांग छात्र संघ के बैनर तले ऑपरेशन क्लीन ड्राइव के तहत ब्रुलाया गया बारह घंटे का तवांग बंद शांतिपूर्ण रहा जिला प्रशासन द्वारा कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त संख्या में जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ संबंधों में सुधार और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और स्थिति में सुधार हुआ है श्रीमती सीतारमन कल ईटानगर में सातवें स्वर्गीय रुतुम काम्गो स्मारक व्याख्यान के अंतर्गत एक उभरते एशिया के लिए भारत चीन संबंध में अवरोधों को दूर करने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध का हर वैश्विक घटना पर सीधा और मजब्रत असर होता है उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के पांच एस के सिद्धांतो सम्मान संवाद सहयोग और शांति से ही इन दोनों बड़े एशियायी और पड़ोसी देशों में समृद्धि आ सकती है श्रीमती सीतारमन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यवस्था लाई जा रही है और सभी स्तरों पर विश्वास और भरोसा कायम करने के उपाय किये जा रहे हैं आज लोकसेवा प्रसारण दिवस हैं उन्नीस सौ सैतालीस में बारह नवबंर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली स्ट्रडियों में पहली और अंतिम बार आने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के क्रुक्षेत्र में अस्थाई रुप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस अवसर पर नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में आज विशेष समारोह का आयोजन किया गया है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 आज का अधिकतम तापमान एकतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया